सुझाव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एमवेंकेया नायड् ने आज सभी राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेषों के उप राज्यपालों के साथ विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से नोवेल कोरोना के निवारण के लिए किये जा रहे प्रकियाओं की जानकारी ली और सुझाव प्राप्त किये

अपने टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की घोषणाओं से नगदी के प्रवाह में सुधार होगा तथा मध्यम वर्ग और व्यापार जगत को राहत मिलेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी वित्तीय स्थिरता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणाओं की सराहना की है उन्होंने कहा है कि सावधि ऋण और पूंजीगत ऋण की किस्तों के भुगतान पर तीन महीनों की रोक से काफी राहत मिलेगी वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उठाए कदमों का स्वागत किया एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आरबीआई ने जिन उपायों की घोषणा की है उनसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों पर ब्याज का बोझ कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी श्री जावेडकर ने कहा कि ईएमआई के भूगतान में तीन महीने की मोहलत से मकान और वाहन खरीदने वालों तथा अन्य ग्राहकों को मदद मिलेगी

श्री दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिये गये फेसलों की वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि रेपो दर में पचहत्तर आधार अंकों की कमी करके उसे चार दषमलव चार प्रतिषत कर दिया गया है श्री दास ने कहा कि इन उपायों से अर्थ व्यवस्था में तीन लाख चौहत्तर हजार करोड़ रूपये अतिरिक्त उपलब्ध होंगे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

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शसित प्रदेषों को पत्र लिखा है इसमे अन्य राज्यों के छात्रों और कामकाजी महिलाओं को उनके मौजूदा आवासों में ही रखे जाने के संबंध में भी कदम उठाने को कहा गया है केंद्रीय गृहसचिव ने ये भी कहा है कि श्रमिकों को निषुल्क सेवाओं और योजनाओं की भी जानकारी दी जाये जिससे उनके पलायन पर रोक लगे

रामायण सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाष जावडेकर ने आज घोषणा की है कि आम जनता की मांग पर द्रदर्षन की राष्ट्रीय चैनल पर कल से रामायण धारावाहिक का प्रसारण किया जायेगा अपने टवीट संदेष में श्री जावडेकर ने कहा कि रविवार से धारावाहिक की पहली कड़ी का प्रसारण सुबह नौ बजे से दस बजे तक और पुनः रात नौ बजे से दस बजे तक किया जायेगा सेना प्रमुख राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से सषस्त्र सेनाओं सहित सरकार के सभी अंगों के कामकाज में काफी कमी आ गयी है सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे ने कहा कि सेना के कर्मचारियों और उनके परिवारों को हर तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है

उन्होंने आम जन से कोरोना के खिलाफ लडाई तेज करने के लिए स्वेच्छा से दान करने की अपील भी की है इसके तहत लोग दान की राषि चेक और ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं

उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेषक एमवी राव को राज्य के सभी पुलिस थानों में कम्यूनिटी किचन शुरू करने का निर्देष दिया है इस किचन के माध्यम से राज्य की पुलिस दूसरे राज्यों से आ रहे जरूरतमंदों और श्रमिकों को भोजन करायेगी और उन्हे उनके निर्धारित गणतव्य तक भी पहुंचायेंगे

इसके लिए वे सरकार द्वारा जारी संबंधित नंबर पर अपनी समस्यायें बता सकते हैं मुख्य सचिव इधर कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लॉकडाउन के बाद की स्थिति की मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई राज्यस्तरीय समितियों के नोडल पदाधिकारियों ने वर्तमान परिस्थिति पर अपने विचार और सुझाव साझा किए इसके लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द बाहर के प्रदेशों में फंसे लोगों की संख्या पता ठिकाना आदि की मुकम्मल जानकारी लेकर उन तक स्थानीय स्तर पर सुविधा पहुंचाने का प्रयास शुरू करें मुख्य सचिव ने सुदूर गांव के लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने को प्राथमिकता देते हुए फूड सप्लाई र्चन बनाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि हर जिले में वहां के उपायुक्तों के माध्यम से सिविल सोसायटी एनसीसी और अन्य सामाजिक संगठनों के कम से कम एक हजार लोगों का सप्लाई चेन बनाएं

आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड से दस हजार वेटिलेटर खरीदने का निर्देष दिया है उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए अस्पतालों में मरीजों के लिए उपयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलिंडर की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखने से संबंधित वाहनों भंडारण टैंकरों और अन्य साधनों के लाइसेंस की अवधि तीन महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ऑक्सीजन गैस मेडिकल और औद्योगिक रूप से इस्तेमाल होने वाली अन्य गैस और विस्फोटक सामग्री के परिवहन भंडारण और उपयोग से संबंधित लाइसेंस की अवधि इक्कतीस मार्च दो हजार बीस से बढाकर तीस जून दो हजार बीस कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा सोषल मीडिया के माध्यम से फंट लाईन वर्करर्स के लिए आयोजित प्रषिक्षण के बारे में श्री लव अग्रवाल ने जानकारी दी

लॉक डाउन के खिलाफ आज जिले में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा वहीं इक्के द्रक्के वाहन सड़कों पर चलते दिखे कहीं कहीं पर प्रषासन की ओर से बेवजह आवाजाही करते हुए लोगों को डंडित भी किया गया जिला विकास आयुक्त आलोक त्रिवेदी ने कहा कि कोरोना के सामुदायिक संकमण को रोकने के लिए सोषल डिस्टेसिन्ग का पालन करना जरूरी है उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे इसका पालन करें इधर खूंटी जिले में भी कोरोना संकमण से बचाव के लिए हर दिन लगने वाले डेली मार्केट को षिफ्ट कर नगर भवन सभागार परिसर में लगाने की व्यवस्था की गयी है खूंटी जिला प्रषासन ने बाजार के लिए सुबह आठ बजे से ग्यारह बजे तक का समय तय किया है साथ ही तीन तीन फीट की दूरी पर सभी ग्राहकों के लिए गोलाकार बनाकर स्थान निर्धारित किया गया है जिले में लॉक डाउन को लेकर जिला प्रषासन भी पूरी तरह मुष्तैद है चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गयी है

डोर स्टेप डिलीवरी हजारीबाग जिला प्रषासन की ओर से कोरोना के सामुदायिक संकमण को रोकने के लिए जरूरी सामान राषन और दवाईयों की डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की गयी है इसके अंतर्गत लोगों के आर्डर लेकर चौबीस घंटे के अंदर उसकी आपूर्ति की जायेगी सदर एसडीओ मेघा भारद्वाज ने कहा है कि फिलहाल शहरी क्षेत्रों में इस पर काम हो रहा है और जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा इधर सिमडेगा जिले में भी कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन के मददेनजर प्रषासन लोगों की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रख रही है उपायुक्त मत्युजंय कुमार वर्णवाल ने बताया कि प्रषासन की और से होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है इसके लिए कई मोबाइल नंबर भी जारी किये गये हैं उन्होंने कहा कि इसके अलाव देष के अन्य हिस्सों से आनेवाले सत्रह सौ से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है जिन्हें प्रषासन की ओर से चौदह दिनों तक सभी आवष्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी कोडरमा स्पेषल लॉक डाउन के दौरान लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़े और घर बैठे ही लोगों को आवष्यक सामग्रियों की उपलब्धता मिलती रहे इसे लेकर कोडरमा जिला प्रषासन ने होम डिलीवरी की शुरूआत कर दी है इसके लिए दो दर्जन से जयादा दुकान चिन्हित किए गए हैं और सभी ने होम डिलीवरी को लेकर सहमति भी जताई है जिला प्रषासन का प्रयास है कि लॉक डाउन को प्रभावी बनाया जा सके और लोगों को बाहर न निकलना पड़े

यहां दूसरे राज्यों या जिलों से आये लोगों को चौदह दिनों तक निगरानी में रखा जायेगा जिले के उपायुक्त अरूण रंजन ने बताया कि क्वारंटाइन हॉस्पिटल में दूसरे राज्यों और जिलों से आये वैसे लोगों को रखा जायेगा जिन्हें घरों में क्वारंटाइन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि राजमहल सदर अस्पताल विषेष कोरोना संकमण सेंटर होगा वहीं साहेबगंज में भी एक सौ बेड का आइसोलेषन वार्ड बनाया जायेगा प्रदेष अध्यक्ष भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कोरोना संकट से निपटने के लिए भाजपा द्वारा सकारात्मक सहयोग और प्रदेष में आवष्यक प्रबंधन हेतु सुझाव दिये है मौत तमाड़ थाना क्षेत्र के सारजडीह पंचायत के पांडरानी गांव में आज सुबह जंगली हाथी ने एक पंद्रह वर्षीय किषोर पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गयी वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को पचास हजार की मुआवजा राषि दी गयी है

जिनमें से एक सौ चौबीस की रिपोर्ट आ चुकी है जो निगेटिव है